आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखे

खटीमा रुद्रप्र बाजप्र और काशीप्र को वेबकास्टिंग के लिए चुना गया था इन चारों साइट को वेब कास्टिंग के जरिए प्रसारित किया गया और देहरादून से जोड़ा गया

पौड़ी जिले में वैक्सीनेशन का पर्वाभ्यास किया गया

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्लाय ने बताया कि पौड़ी जिले में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कल आयोजित ह्ई मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए राज्य स्तर पर टास्क फोर्स के गठन सभी जिलों में कोल्ड चेन सिस्टम की मजबूती वैक्सीन भण्डारण और वितरण के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता के साथ ही आवश्यक मानव संसाधनों की व्यवस्था समय की पूरी करने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने डॉक्टरों नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बर्ड फ्लू के मददेनजर भी एहतियात बरतने के निर्देश दिये उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के लिए पश्पालन वन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा किसान कानन उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी किया है म्ख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छ्क हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद दवारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चूनौती देने वाली याचिकाओं की स्नवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है

इसके लिए बजट का प्रावधान हो च्का है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से अवगत कराया उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव था इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के कई य्वाओं से भी संवाद किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के य्वाओं के साथ जो संवाद हुआ इसमें बह्त अच्छे सुझाव मिले उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि य्वाओं के स्झावों का संग्रह किया जाय इस अवसर पर शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि राज्य में प्रत्येक विकासखण्ड में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं इस शैक्षणिक सत्र से इनकी श्रूआत हो जायेगी उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की खेल नीति भी जल्द प्रकाशित होने वाली है

बागेश्वर में एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता रैली व्याख्यान स्वच्छता अभियान आदि का आयोजन किया जागरूकता रैली नशा उन्मुलन को लेकर निकाली गई चम्पावत जिले में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया य्वा चेतना दिवस पर म्ख्यमंत्री ने य्वाओं के साथ वर्च्अल संवाद किया इस दौरान जिलाधिकारी स्रेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि जिले के य्वा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर ख्द आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार देकर उनकी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं बर्ड फ्ल् प्रदेश की पश्पालन राज्यमंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि उत्तराखण्ड में पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है पोल्ट्री सेक्टर अभी अपने आप में पूरी तरह स्रक्षित है पश्पालन राज्यमंत्री ने प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति नियन्त्रण में है बर्ड फ्लू से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सतर्क और जागरूक बनने की जरूरत है बर्ड फ्लू संक्रमण के नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय और जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया बैठक में बताया कि पश्पालन विभाग पक्षियों की लगातार सैंपलिंग कर रहा है पोल्ट्री सेक्टर को पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है और हाई अलर्ट जारी किया गया है बैठक में बताया गया कि राज्य में जितने भी पोल्ट्री फर्म हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है

मौसम प्रदेश में लगातार बढ़ रहे शीतलहर को देखते हुए हरिदवार जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि रैनबसेरों में निराश्रित लोगों को रहने की व्यवस्था की जा रही है जो लोग खूले में रहने को मजबूर है उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है हां पर कंबल हीटर की व्यवस्था की गई है साथ ही पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं

आज टिहरी जिले में डीजीपी ने जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि प्लिस जनता के लिए है इसके लिए प्लिस को जनता का विश्वास जीतना जरूरी है साथ ही अपराधियों के बीच प्लिस का डर भी होना जरूरी है डीजीपी ने कहा कि कोटी कॉलोनी में प्रस्तावित थाना को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा उन्होंने लोगों की मांग पर उन्होंने मोहल्ला कमेटी को दोबारा जीवित करने का आश्वासन दिया